कई मंत्रियों को भी राज्यपाल दिलायेंगे शपथ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

इसे राजस्थान के पाली में जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है

उनका जीवन सादगी भरा था और वे भगवान महावीर के संदेशों के प्रसार के लिए समर्पण भाव से काम करते रहे उन्होंने शिक्षा के प्रसार और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए अथक प्रयास किए प्रेरणादायी साहित्य का सुजन किया और स्वतंत्रता आन्दोलन तथा स्वदेशी को भरपूर समर्थन दिया

उनके सम्मान में स्थापित की जा रही शांति प्रतिमा को स्टेचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है

शपथ ग्रहण समारोह शाम चार बजे से साढ़े चार बजे के बीच आयोजित किया जाएगा श्री नीतीश कुमार को कल सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेता चुना गया था बाद में श्री नीतीश कुमार और भाजपा की बिहार शाखा के अध्यक्ष संजय जायसवाल और अन्य नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान से भेंट की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया

इस बीच कटिहार से भाजपा विधायक तार किशोर प्रसाद को पार्टी विधायक दल का नेता और बेतिया से विधायक रेणू देवी को विधायक दल का उप नेता चुना गया पिछले चार दिनों में फर्जी बिल जारी करने के मामले में पच्चीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस डीजीजीआई के सूत्रों ने बताया कि नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की वास्तविक राशि का पता लगाया जा रहा है सूत्रों ने कहा कि गिरोह में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए खोज और जांच अभियान चलाया जा रहा है ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो मामले में लाभार्थी भी हैं और जिन्होंने वस्तु और सेवा कर तथा आयकर से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए नकली बिल का इस्तेमाल किया है इन मामलों में शामिल प्रमुख वस्तुओँ में लोहा और इस्पात तांबे की तार प्लास्टिक के दाने सिले सिलाए वस्त्र सोना और चांदी कृषि उत्पाद दुग्ध उत्पाद और मोबाइल शामिल हैं डीजीजीआई ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर चोरी और आईटीसी के धोखेबाजों के खिलाफ अभियान और तेज किए जाने की आशा है इससे आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं रांची के उपायुक्त छबि रंजन ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान और नवजात शिशु सप्ताह का कल जिला स्तरीय इ लॉन्च समारोह में ऑनलाइन शुभारंभ किया

समारोह के दौरान ऑनलाइन माध्यम से पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि नवजात शिशु सप्ताह और टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान को लेकर माइक्रो प्लानिंग कर लें समयबद्ध और चरणबद्द तरीके से आयोजन करें इधर रामगढ़ जिले में कल सदर अस्पताल रामगढ़ से नवजात शिशु सप्ताह के साथ ही यक्ष्मा कार्यक्रम टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम का उदघाटन सिविल सर्जन डॉक्टर नीलम चौधरी द्वारा किया गया इस दौरान सदर अस्पताल में नवजात शिशुओं की माताओं के बीच तौलिया एवं मास्क का वितरण किया गया नवजात शिशु सप्ताह के दौरान जिले के सभी समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेल्थ एण्ड वेलनेस सेटर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सदर अस्पताल में शिशु स्वास्थ्य से संबंधित विशेष ध्यान एवं आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी टीवी हारेगा देश जितेगा कार्यक्रम में दो सप्ताह से अधिक खांसी वाले संदिग्ध रोगियों की खोज स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा घर घर जा कर की जाएगी आज अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है आज का दिन पूरे विश्व में मानवाधिकार और लोगों की आजादी के मूल सिद्दांत को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है यह संदेश देता है कि लोग प्राकृतिक रूप से विविधता सम्पन्न होते हैं दुनिया के प्रत्येक भाग में अलग समुदायों को सिर्फ सहिष्णुता के माध्यम से जोड़ा जा सकता है ऑल इंडिया रेडियो से बातचीत में नई दिल्ली स्थित यूनेस्को के प्रमुख एरिक फॉल्ट ने कहा कि असहिष्णुता से लड़ने की कुंजी शिक्षा में ही निहित है लोहरदगा जिला में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बैठक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं

कोरोना से दो की लोगों की मौत हुई है मृतकों में रांची और जमशेदपुर से एक एक मरीज शामिल हैं

राज्य में नौ सौ चौबीस कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी हैं

देश में नये मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल पांच दशमलव चार चार प्रतिशत है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के सफल क्रियान्वयन से स्वस्थ होने वालों की दर बढी है और मृत्यु दर में कमी आई है इस समय देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव चार सात है जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कल बताया कि अगले जनवरी या फरवरी तक कोविड वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाएगी

उन्होंने कहा कि मृत्युदर कम बनाये रखने के लिए हमें सभी प्रयास करने होंगे

युवकों के नदी में बहने और नदी के पत्थरों के बीच फंसे होने की संभावना के मद्देनजर कल देर शाम तक तलाशी अभियान चलाया गया युवकों के डूबने की पुष्टि जिले के आरक्षी अधीक्षक एचपी जनार्दनन ने की है उन्होंने बताया कि डूबे हुए युवकों को खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई है

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी ने नदी तालाब झील और डैम जैसे सार्वजनिक जलाशयों पर छठ प्रजा पर रोक लगा दी है

छठ में अर्घ्य देने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त पर दो बार समय निर्धारित होता है इस समय नदी तालाबों में बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं एक साथ अर्घ्य देते हैं ऐसे में सार्वजनिक जलाशयों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना संभव नहीं हो पाएगा इसी को ध्यान में रखकर यह रोक लगाई गई है आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश स्पष्ट कहा गया है कि इस बार छठ महापर्व के दौरान किसी भी नदी लेक डैम या तालाब के छठ घाट पर किसी तरह के कार्यक्रम के आयोजन की मनाही होगी छठ घाट के समीप कोई दुकान स्टॉल आदि नहीं लगेगा पर्व के दौरान सार्वजनिक स्थल पटाखा लाइटिंग और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक रहेगी

डॉ कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि मरीजों का समुचित इलाज कैसे हो यह उनकी प्राथमिकता होगी भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज से मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हो जाएगा

इस दौरान मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रटियों या नाम हटाने अथवा स्थान परिवर्तन के लिए भी आवेदन दिया जा सकता है हजारीबाग जिले में बड़कागांव पूलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से जुड़े दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है देशभर में भाइदूज और चित्रगुप्त पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं अखबारों की सुर्खियां आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से छापा है इसके अलावा नीतीश कुमार के सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की आज दोपहर शपथ लेने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है इस बार छठ में घर पर ही दे अर्घ्य घाटों पर पूजा की अनुमति नहीं इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने राज्य सरकार के गाइडलाइन को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है बिहार में नीतीश सातवीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे इस शीर्षक के साथ हिन्दुस्तान ने शपथ ग्रहण से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापा है दैनिक जागरण की पहली सुर्खी है सम्यक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धरती आबा को श्रद्वांजलि देने के साथ दिये बयान को अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है देश में सबसे कम सक्रिय मरीज झारखंड में रिकवरी रेट भी छियानबे प्रतिशत दैनिक भास्कर ने इस शीर्षक के साथ कोरोना के सुधरते रिकवरी रेट से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है रिम्स के नये निदेशक पद पर पद्मश्री डॉ कामेश्वर प्रसाद के कल योगदान देने की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री और तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान टाइम्स ने गृहमंत्री अमित शाह के दिल्ली में कोविड से उत्पन्न स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है